इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

उधर छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के चलते लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया है यहाँ सांसद नक्लनाथ ने जिले को एक कोरोना अस्पताल की सौगात दी है इस कोरोना अस्पताल के लिये नक्लनाथ ने किसी शासकीय निधि का इस्तेमाल नहीं किया है

आगरमालवा कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए नोडल अधिकारी और समन्वय अधिकारी निय्क्त किए हैं

लिटिल गुरु संस्कृत अध्ययन को सरल रोचक और मनोरंजक बनाएगा ये खेल और प्रतियोगिता आधारित आसान तरीके से संस्कृत सीखने के इच्छुक और संस्कृत सीख रहे लोगों को सहायता प्रदान करेगा हॉकी अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन प्रो लीग मैच में कल ब्यूनस आयर्स में भारत का मुकाबला ओलिम्पिक चैम्पियन अर्जेन्टीना से होगा

विश्व चैम्पियन बेल्जियम पहले स्थान पर है और उसके बाद जर्मनी हालैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी नमस्कार